स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ी तो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में हो रही है बढ़ोत्तरी मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी

रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार रायपुर और बिरगांव के नगरीय क्षेत्रों में कोई भी स्थायी और अस्थायी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात नौ बजे के बाद नहीं खुला रहेगा इन्हें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोलने की ही अनुमति रहेगी वहीं रेस्टॉरेंट होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी जबकि रात्रि साढ़े ग्यारह बजे तक टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे नियमों का उल्लंघन किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से पंद्रह दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा वहीं दूसरे राज्यों से बहत्तर घंटों के लिए रायपुर जिले के प्रवास पर आने वाले लोगों को सात दिन के होम क्वारेंटाइन नियम से छूट मिलेगी लेकिन ऐसे लोगों पर बेवजह घूमने फिरने और मिलने जुलने की पाबंदी रहेगी वहीं दुर्ग जिले में भी रात नौ बजे तक ही दुकानें खुली रखी जा सकेंगी जबकि रेस्टॉरेंट होटल और ढाबों को रात दस बजे तक खुला रखने की अनुमति रहेगी कोरिया जिले में भी रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है रात आठ बजे के बाद किसी भी दुकान को खुला रखने की अनुमति नहीं होगी रेस्टॉरेंट और होटल आदि रात नौ बजे तक ही खुले रखे जा सकेंगे इसके अलावा सरगुजा सूरजपुर और जशपुर जिलों में रात आठ बजे के बाद दुकानों को खुला रखने की अनुमति नहीं रहेगी इन जिलों में पेट्रोल पम्प और मेडिकल स्टोर्स पर समय सीमा की पाबंदी नहीं रहेगी सभी व्यापारियों कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही उन्हें सामाजिक दूरी का पालन भी करना होगा दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए दुकान संचालक को मास्क और सेनिटाईजर की व्यवस्था करनी होगी

देशव्यापी इस अभियान के तहत एक अप्रैल से पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे टीकाकरण के लिए पैंतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों को किसी भी तरह के चिकित्सक सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर तीसरे चरण में कोरोना टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इस चरण में राज्य में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के अंठावन लाख छियासठ हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा

रायपुर जिले के अंठावन सरकारी अस्पतालों और केन्द्रों में कोरोना जांच और निःशुल्क वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है वहीं संतावन निजी अस्पतालों में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य किया जाएगा जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने लोगों से अपील की है कि पात्र नागरिक अपना फोटो पहचान पत्र दिखाकर किसी भी केन्द्र से कोविड की वैक्सीन लगवा सकते हैं इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर एक शून्य चार पर संपर्क किया जा सकता है वहीं दुर्ग शहर के चौबीस स्थानों पर कोरोना टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब प्रतिदिन दो लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में सारी तैयारियां की जा रही हैं श्री सिंहदेव ने दुर्ग और अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है

इस संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए और कदम उठाए जाने चाहिए वो समय रहते नहीं उठाए गए इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमित चौदह सौ तेईस नये मरीज मिले हैं वर्तमान में बीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कल कोरोना संक्रमण से अट्ठारह लोगों की मृत्यु हुई है वहीं संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी कोरोना पॉजीटिव पाई गई है हर्षवर्धन कोरोना टीका केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं आज दिल्ली के हृदय और फेफडा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पडती है

इसमें कर्मचारियों को जुलाई दो हजार सोलह से सितंबर दो हजार सोलह तक की एरियर्स राशि दी जाएगी वहीं शेष किश्तों के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा

इसके तहत अब तक करीब तीन लाख छियालीस हजार मीटरिक टन धान की नीलामी के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है बिक्री के बाद धान का उठाव शुरू हो चुका है आगामी चरण की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से शुरू हो गई है इस चरण में करीब दस लाख उनहत्तर हजार मीटरिक टन अतिशेष धान की नीलामी की जानी है ई नीलामी में शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक पंजीकृत क्रेता बोली लगा सकते हैं इस संबंध में और अधिक जानकारी मार्कफेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है माओवादी समाचार छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच माओवादी मारे गए हैं घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं हमारे संवाददाता के मुताबिक यह मुठभेड़ खोबरामेंडा के जंगलों में हुई इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक स्थित सोनपाठ के जंगलों से माओवादियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई दवाइयां बरामद की गई हैं आईटीबीपी और जिला पुलिस बल के जवानों ने गश्त के दौरान बरनारा के पास से ये दवाइयां बरामद कीं इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है आईजी जवान मुलाकात बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बस्तर क्षेत्र में पदस्थ सुरक्षा बल के जवानों के साथ होली के मौके पर भेंट की और कई विषयों पर उनसे चर्चा की पुलिस महानिरीक्षक ने सुकमा के गोलापल्ली बीजापुर के बासागुड़ा कांकेर के छोटेबेठिया सहित अन्य कैम्पों का भ्रमण किया इस दौरान उन्होंने डीआरजी एसटीएफ सीएएफ सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी और जिला पुलिस बल के अधिकारियों तथा जवानों से मुलाकात की इस दौरान बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें होली की शुभकामनाएं दीं सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा विकास और सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाल करने और विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ कार्य करने वाले जवानों की सराहना की ऑपरेशन मुस्कान दुर्ग पुलिस ने चौबीस घंटों के भीतर एक गुमशुदा बालक को सकुशल ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है पुलिस की टीम ने इस बच्चे को नागपुर से बरामद किया लापता और गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए जिले में संचालित अभियान मुस्कान को काफी सफलता मिली है इसके तहत अब तक पैंसठ गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है मौसम राज्य के अधिकतर इलाकों में तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाओं के आने के कारण कई जगहों पर लू की स्थिति बनी हुई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक कल तक राज्य के मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा बल्कि गर्मी और बढ़ सकती है मध्य क्षेत्र में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी गई है संक्षिप्त समाचार रायपुर जिले की सभी सोनोग्राफी संस्थाओं के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य किया गया है गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र स्थित बहरापाल गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है इसी जिले के नागरगुड़ा गांव में जनपद पंचायत में कार्यरत एक कर्मचारी ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है कांकेर जिले में पुलिस ने करीब दो सौ चौंसठ किलो गांजे की तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस गांजे का बाजार मूल्य करीब पच्चीस लाख रूपये बताया जाता है जांजगीर चांपा जिले के डभरा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी करने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले के मुंगई माता पहाड़ी क्षेत्र में दर्रीपाली के पास जंगल में आग लगने की जानकारी मिली है अंतिम समाचार लिखे जाने तक वन विभाग की टीम और ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं